दस जिलों से पांच सौ से अधिक मामले सामने आये

पचास किलोमीटर तक के लिए अधिकतम ढाई हजार रूपये देने होंगे

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार समेत पूर्वी भारत के पांच राज्यों में कोविड संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है और मृत्यु दर भी बढ़ा है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल के साथ पूर्वी राज्यों बिहार असम पश्चिम बंगाल ओडिशा और झारखंड के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा बैठक में इन राज्यों में कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन व्यवस्था का आकलन किया गया बैठक के दौरान इन राज्यों में कोविड महामारी के मौजूदा चरण से निपटने के लिए पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई अस्पतालों में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रबंधन में मानव संसाधन के महत्व पर बल देते हुए राज्यों को सलाह दी गई कि वे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों से जुड़े सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रदर्शन आधारित भुगतान और सहायक नर्सों को प्रोत्साहन राशि का समय से भुगतान सुनिश्चित करें इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा केंद्र सरकार के हाल में लिए गए निर्णय के अनुरूप एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों और प्रशिक्षुओं को कोविड स्वास्थ्य सेवा में लगाया जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि बीस प्रतिशत से अधिक कोरोना संक्रमण दर वाले देश भर के जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है इसमे नियमित रूप से नई जानकारी शामिल की जाएगी राज्यों को कहा गया है कि इन जिलो में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जांच संक्रमितों को घरों में पृथकवास में रखने भीड़ भाड़ रोकने के उपाय और लोगों के परस्पर मेल जोल रोकने से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है डॉक्टर वी के पॉल ने राज्यों से एम्बुलेंस के प्रभावी संचालन सहित अस्पताल और उपचार प्रबंधन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने राष्ट्रीय औसत से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में जांच बढ़ाने और केंद्र सरकार के नए प्रावधान के तहत मानव संसाधन बढ़ाने का समय से फैसला लेने को कहा उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी रेखांकित की ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर दबाव कम हो सके डॉक्टर पॉल ने कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों का लगातार पालन करने का अनुरोध किया देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर का आना भी तय है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब आयेगी और किस स्तर की होगी नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राघवन ने कहा कि कोरोना के नये स्वरूप अधिक संक्रामक हो सकते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के वर्तमान स्वरूप में टीके बहुत प्रभावकारी हैं और ये लोगों की जान बचाने में सक्षम है श्री राघवन ने कहा कि यह समय सबके लिए मिलजुल कर काम करने का है प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों में राज्य में चौदह हजार आठ सौ सोलह नये मामलों की पुष्टि हुई है दस जिलों से पांच सौ से अधिक मामले सामने आये हैं सबसे अधिक दो हजार चार सौ बीस नये मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं वहीं वैशाली में आठ सौ संतावन पश्चिमी चंपारण में छह सौ पचपन समस्तीपुर में छह सौ पैंतीस और शेखपुरा में छह सौ इकतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है गया में पांच सौ सतासी मुजफ्फरपुर में पांच सौ चौहत्तर और कटिहार जिले में पांच सौ सत्तर नये मामले दर्ज किये गये राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख तेरह हजार से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में ग्यारह हजार सात सौ छब्बीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव तीन आठ प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में इस वैश्विक महामारी से एक सौ साठ लोगों की मौत की खबर है सबसे अधिक छत्तीस लोगों की मौत पटना जिले में हुई है

उसके ऊपर दूसरे मास्क से दोगुनी प्रोटेक्शन हो जाती है आजकल के दिनों में यह लाजमी यह माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जो वायरस है यह हवा के जरिये ही हमारे अंदर घुसता है अगर हम ये दो मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चान्सेज है कि यह वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं प्रदेश में अब तक छिहत्तर लाख साठ हजार पांच सौ इकहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल एक लाख दो हजार एक सौ बावन लोगों को टीके लगाये गये इनमें से बयालीस हजार तीन सौ छह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि उनसठ हजार आठ सौ छियालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी इधर देश में अब तक सोलह करोड़ चौबीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है राज्य सरकार ने निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नया किराया तय किया है स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर नवीन चन्द्र प्रसाद ने बताया कि पचास किलोमीटर तक की दूरी के लिए विभिन्न प्रकार के एम्बुलेंस की अधिकतम दर तय की गयी है वहीं पचास किलोमीटर से अधिक की दूरी पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा पचास किलोमीटर तक के लिए न्यूनतम डेढ़ हजार रूपये और अधिकतम ढाई हजार रूपये निर्धारित किये गये हैं वहीं पचास किलोमीटर से अधिक की दूरी होने पर अठारह रूपये से पच्चीस रूपये प्रति किलो मीटर की दर तय की गयी है डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि सभी एम्बुलेंस में जीवन रक्षक प्रणाली दवाएं और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है उन्होंने बताया कि नये दर से अधिक राशि वसूलने पर एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में जिला पुलिस को कई बिंद्ओं पर आदेश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि थानावार दो टीमें बनाने के निर्देश दिये गये हैं जिनमें से एक टीम महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर मौजूद रहेगी और दूसरी टीम पूरे क्षेत्र में गश्त कर हालात पर नजर बनाये रखेगी श्री कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन स्निश्चित करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गयी हैं लॉकडाउन के पहले दिन कल नियमों के उल्लंघन के मामले में पांच प्राथमिकी दर्ज की गयी और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान चार सौ अड़तालीस गाड़ियां जब्त की गयीं वाहन चालकों से सात लाख संतानवे हजार रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी वहीं बिना मास्क लगाये तीन हजार दो सौ चौहत्तर लोगों से एक लाख तिरसठ हजार रूपये से अधिक दंड वसूला गया प्रदेश भर में सामुदायिक रसोई का संचालन शुरू हो गया है लॉकडाउन में गरीबों की सुविधा के लिए सरकार ने सामुदायिक रसोई का संचालन शुरू किया है पटना में ग्यारह जगहों पर ये रसोई संचालित किये जा रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी जिलों को सामुदायिक रसोई की अद्यतन जानकारी प्रतिदिन मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोई में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाने के भी निर्देश दिये गये हैं पटना हाईकोर्ट में कोविड प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ करेगी इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और मोहित कुमार शाह की पीठ कर रही थी मामले की आज भी सुनवाई होनी है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान के तहत कल पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों से आठ लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से चौवन ऑक्सीजन सिलेंडर और चौरासी रेगुलेटर बरामद किये गये हैं गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेन्द्र महतो ने चिकित्सकों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है काल वैशाखी के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले तीन दिनों से आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है उत्तर और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि राज्य में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके चलते अगले तीन चार दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है

उसके पास से कई हथियार भी बरामद किये गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील को प्रमुखता देते हुए लिखा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ दिन टाल दें शादियां और पारिवारिक समारोह दैनिक जागरण की सुर्खी है एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर सरकार सख्त किराया तय हिन्दुस्तान लिखता है चेतावनी कोरोना की तीसरी लहर आना तय प्रभात खबर ने पटना विश्वविद्यालय में बॉयोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन्द्र प्रसाद के हवाले से लिखा है दस दिन बाद प्रदेश में घटने लगेगा कोरोना का संक्रमण राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है ममता ने तीसरी बार संभाली बंगाल की कमान दैनिक आज ने लिखा है बैंक एकाउंट में दिसम्बर तक केवाईसी अपडेट करने की छूट

दस जिलों से पांच सौ से अधिक मामले सामने आये

पचास किलोमीटर तक के लिए अधिकतम ढाई हजार रूपये देने होंगे